उन्होंने बताया कि सरपंचों के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वॉटिंग मशीन से होंगे जबकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे

उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों के बारे में भी अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है

उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यकम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी है और संबंधित स्थानों पर नये कार्म शुरू नहीं किये जा सकेंगे पहले से चल रहे काम जारी रहेंगे और इस दौरान राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक रहेगी प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सामग्री के वितरण की जांच के लिए राज्यस्तरीय कमेटी का गठन किया है खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि यह कमेटी अलग अलग जिलो में पिछले तीन वर्षो के दौरान गेहूं चीनी और केरोसीन के उठाव और वितरण की जांच करेगी इसकी शुरूआत अलवर जिले से की जायेगी उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कल राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको के अधिकारियों की बैठक ली बैठक में उद्योगों को बढावा देने और नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर चर्चा की गई

कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कल जैसलमेर के जिला कलेक्टर से जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे बचाव कार्यो के बारे में जानकारी ली उन्होंने जिला कलेक्टर को संबंधित विभागों में आपसी समन्वय के साथ टिड़डी नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने बीकानेर में नया सांईस सेन्टर खोलने की मंजूरी दे दी है केन्द्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने ये जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि सांइस सेन्टर के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी

जोधपुर में आज आयोजित होने वाले इस विदाई समारोह की अध्यक्षता वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल एस के घोटिया कर रहे है

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नानुराम गहलोनिया ने बताया कि मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रामीण खेलकृद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट से सर्दी का कहर बढ़ गया है प्रदेश के कई स्थानों पर पारा जमाव बिन्दु के पास पहुंच गया चूरू में लगातार दूसरे दिन पारा जमाव बिन्दु पर पहुंच गया और कई स्थानों पर सुबह बर्फ जमीं नजर आईे